प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर जिले में सर्राफा व्यवसायी राज कुमार गोयनका और उनके परिजनों के आवास पर छापेमारी कर लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये मुल्य से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है इसके अलावा निदेशालय ने बैंक और इंश्योरेंस में जमा लगभग सवां करोड़ रूपये को भी सीज कर लिया है गौरतलब है कि तीन साल पहले आयकर विभाग की शिकायत पर निदेशालय ने व्यवसायी के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की घटनाओं पर तेज सुनवाई करने के लिए राज्य में चौबन त्वरित न्यायालयों की स्थापना की जायेगी इनमें चौबीस ऐसे न्यायालय होंगे जहां पॉक्सो कानून के साथ दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई होगी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद राज्य में न्यायालयों की गठन के लिए कार्रवाई तेज कर दी गयी है राज्य के व्यवहार न्यायालयों में अगले तीन महीनों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल जिला जज के कार्यालय परिसर के पास स्थापित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में कर्मचारियों के पदों का सुजन कर लिया गया है साथ ही अन्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने का भी काम शुरू कर दिया गया है इन अस्पतालों में न्यायिक अधिकारियों वकीलों और वहां दूरदराज से आये लोगों को जांच की सुविधा मिलेगी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से भारतीय अपराध संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बदलाव के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है सूत्रों के अनुसार आपराधिक कानून में बदलाव कर बनाये जाने वाले नये कानून नागरिक केन्द्रित होंगे आधुनिक लोकतंत्र की आंकक्षाओं को दर्शाएंगे और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय उपलब्ध करायेंगे पूर्व मध्य रेलवे ने रेल यात्रियों को ट्रेनों की सही जानकारी और लोकेशन देने के लिए रियल टाईम ट्रेन इंफोरमेशन सिस्टम को मंजूरी दी है मूख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसरो से जी सेट श्रृंखला सेटेलाईट के उपयोग से इसका परीक्षण कर लिया है उन्होंने कहा कि इससे रनिंग ट्रेन के बारे में ऑटोमेटिक जानकारी मिलेगी जिससे यात्री सेवा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री के वार्तालाप कार्यक्रम की तीसरी कड़ी परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस के सिलसिले में कक्षा नौवीं से बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए लघू निबंध प्रतियोगिता की घोषणा की है इसका आयोजन माई जीओवी के सहयोग से किया जा रहा है प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां इस महीने की दो तारीख से ली जा रही हैं छात्र अपने सवाल ऑनलाइन भी भेज सकते हैं राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती अभियान के दौरान दो से पांच दिसम्बर तक अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराने वाले आवेदकों को शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित घोषित करने का निर्णय लिया है माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि जो अभ्यर्थी तय तिथि के दिन उपस्थित नहीं हुए हैं उनका नाम मेधा सूची से हटा दिया जायेगा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन के लिए अब अंगूठे का निशान अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही फोटो के साफ नहीं होने पर आवेदकों के आवेदन को रद्द किया जा सकता है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने छात्रों को निर्देश दिया है कि आवेदन करने के समय जो तस्वीर अपलोड करें उसमें फोकस चेहरे पर होना चाहिए धुंधली तस्वीर नहीं ली जायेगी राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के चौसठवें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने संसद भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है जहां सांसद और गणमान्य व्यक्ति संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे देश और प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में भारत का नया मानचित्र लगाया जायेगा इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के एसपीओ सचिन्द्र कुमार ने सभी डीईओ और डीपीओ को एक पत्र भेजा है पत्र में कहा गया है कि संविधान संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नये केन्द्रशासित प्रदेश बनाये जाने की स्वीकृति गृह मंत्रालय ने दी है जिसके कारण मानचित्र का स्वरूप बदल गया है पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में एक व्यक्ति को ग्यारह साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है हैदराबाद में चल रही तैंतीसवीं राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में बिहार की यामिनी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने यह पदक महिला वर्ग के एकल स्पर्धा में प्राप्त किया है वहीं सी के नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है टीम के कप्तान सचिन कुमार सिंह बनाये गये हैं इधर बिहार की अंडर सेवेंटीन तलवारबाजी टीम की घोषणा कर दी गयी है जो महाराष्ट्र के नासिक में अठारह दिसम्बर से शुरू हो रही प्रतियोगिता में भाग लेगी पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में शराबबंदी के मामलों को निपटने के लिए चौहत्तर स्पेशल कोर्ट के गठन को मंजूरी दी है कोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इन न्यायालयों में दूसरे मामलों की भी सुनवाई की जा सकती है पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र से पूलिस ने आज एक पिकअप वैन से लाखों रुपये मूल्य की शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में समाहरणालय के सामने से अपराधियों ने एक दंपत्ति से लगभग साढ़े उन्नीस लाख रूपये लूट लिये राजधानी पटना के पार्को और उद्यानों के रखरखाव के लिए भवन निर्माण विभाग एक हजार माली की नियुक्ति करेगा जिन्हें लगभग छब्बीस हजार रूपये वेतन मिलेगा गोपालगंज में एक युवती पर तेजाब फेकने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार युवकों से पूछताछ की जा रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिलास्तरीय ओलिम्पियड और क्विज प्रतियोगिता के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है ओलिम्पियड की परीक्षा अठारह दिसम्बर को और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन उन्नीस दिसम्बर को होगी निजी आईटीआई पन्द्रह दिसम्बर तक अपने संस्थान की आधारभूत संरचना और अन्य जानकारी नहीं देंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है उन्नाव में हैदराबाद जैसी हैवानियत दैनिक जागरण ने रिजर्व बैंक के एक फैसले पर लिखा है रिजर्व बैंक बढ़ती महंगाई की चिंता में नहीं दी रेपो रेट में राहत प्रभात खबर ने बुजुर्गों की देखभाल पर केन्द्र सरकार के एक निर्णय का हवाला देते हुए शीर्षक दिया है दामाद बहु पर होगी बुजुर्गों की जिम्मेदारी सताने पर जायेंगे जेल दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है हाईकोर्ट ने शराबबंदी के मुकदमों को निपाटने के लिए चौहत्तर स्पेशल कोर्ट के गठन को मंजूरी दी आज अखबार ने सीवान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर लिखा है सीवान को एक सौ इक्यावन योजनाओं की सौगात